महागठबंधन में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध बरकरार

चुनाव आयोग ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की सोशल मीडिया पर सक्रियता को देखते हुए जांच का आदेश दिया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने कहा है कि इस बात का पता लगाया जायेगा कि उनके नाम से ट्वीटर और फेसबुक पर संचालित हैंडल का संचालन जेल से हो रहा है या बाहर से उन्होंने कहा कि दोषी पाये जाने पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी गौरतलब है कि चारा घोटाले के अलग अलग मामलों में दोषी पाये जाने के बाद लालू प्रसाद अभी रांची स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं महागठबंधन के घटक दलों के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध अभी भी बना हुआ है आज नई दिल्ली में महागठबंधन के घटक दलों की बैठक के दौरान हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपनी मांग नहीं माने जाने पर नाराज होकर पटना वापस लौट आये हैं सूत्रों ने बताया कि श्री मांझी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं इधर श्री मांझी ने कहा है कि मौजूदा रि्थति को लेकर पटना में होने वाली पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में अंतिम रूप से कोई फैसला किया जायेगा हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि वे गठबंधन के साथ बने रहेंगे द्सरी तरफ कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने दावा किया कि महागठबंधन में सबकुछ ठीक है और सत्रह मार्च को सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा की जायेगी भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय ने कहा है कि चुनाव से पहले ही महागठबंधन में टूट दिखने लगी है श्री पांडेय ने कहा कि लोकसभा सीटों को लेकर अब तक स्थिति का स्पष्ट नहीं होना यह दिखाता है कि महागठबंधन में सबक्छ ठीक नहीं है उन्होंने कहा कि जनता चुनाव से पूर्व ही महागठबंधन के चाल और चरित्र को समझ चुकी है भाजपा ने बिहार में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों के चयन के लिये तीन सदस्यों की समिति का गठन किया है समिति में प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और प्रेम कुमार शामिल हैं पटना में आज पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की हुई बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि यह समिति प्रत्याशियों के नाम तय करेगी जिसे केन्द्रीय चुनाव समिति को भेजा जायेगा उन्होंने बताया कि केन्द्रीय चुनाव समिति ही अंतिम रूप से उम्मीदवारों के नाम तय करेगी जदयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह ने कहा है कि पार्टी में उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है और कभी भी नामों की घोषणा की जा सकती है जहां भी संभावित सीट है वहां के नेताओं से बातचीत की जा रही है श्री सिंह ने दावा किया कि पार्टी में कोई नेता नाराज नहीं हैं पूर्व विधायक विजेन्द्र चौधरी और जदयू नेता सतीश कुमार आज कांग्रेस में शामिल हो गये पटना में पार्टी के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने दोनों नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलायी भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पोलित ब्यूरो की उन्नीस मार्च को पटना में बैठक होगी इस बैठक में बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के चयन और चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया जायेगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के पुलिस कर्मियों की छूटिटयां अगले आदेश तक के लिये रद्द कर दी गयी हैं अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है आदेश में कहा गया है कि चौदह मार्च से सभी प्रकार की छूटिटयां स्थगित कर दी गयी हैं अगले आदेश तक सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही पुलिस कर्मियों को छुट्टियां दी जायेंगी आयकर विभाग ने लोकसभा चूनाव में कालेधन के उपयोग पर अंकूश लगाने के लिये हेल्प डेस्क की शुरूआत की है लोग चुनाव के दौरान कालेधन के उपयोग से संबंधित जानकारियां टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच छह दो एक तीन पर दे सकते हैं यह टेलीफोन नम्बर सभी सातों चरण में मतदान समाप्ति तक कार्य करेगा चुनाव आयोग ने सेना के जवानों और अफसरों के लिए पहली बार ई बैलेट पेपर डाउनलोड करने की व्यवस्था की है देश के छत्तीस सैन्य कार्यालयों में ई बैलेट पेपर डाउनलोड कर जवानों को उपलब्ध कराया जायेगा सैन्यकर्मी ई बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान के बाद इसे अपने कार्यालय में जमा करेंगे बाद में डाक के माध्यम से इसे संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में भेज दिया जायेगा चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान के दौरान नौ अवैध हथियार बरामद किये गये जबकि अठारह हजार लीटर से अधिक शराब बरामद की गयी है रोहतास जिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया साथ ही स्वीप के तहत जिले में मतदाता जागरूकता अभियान में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया लोकसभा चुनाव को लेकर शेखपुरा जिले में एक हजार आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ धारा एक सौ सात के तहत निषेधात्मक कार्रवाई की गयी है वैशाली जिले के महआ थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिनदहाड़े बिजली विभाग के रुपये लूटने के दौरान होमगार्ड के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी और एक अन्य जवान को गंभीर रूप से घायल कर दिया पुलिस ने बताया कि महुआ पातेपुर मार्ग पर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बिजली विभाग का रुपये जमा करने एक वाहन से होमगार्ड के दो जवान गये थे रुपये जमा कर जब दोनों लौट रहे थे तभी दो मोटरसाइकिल पर सवार चार अपराधियों ने वाहन में रुपये समझ कर रोका और जवानों पर गोलियां चला दी घायल जवान को इलाज के लिए महआ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जिले की सीमा को सील कर छापेमारी कर रही है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहने और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कोसी और सीमांचल के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है वहीं दक्षिण बिहार में कहीं कहीं ब्रंदाबांदी होगी इस दौरान तेज हवा चलने की भी आशंका जतायी गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान गया में हल्की बारिश दर्ज की गयी है इधर तैंतीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सुपौल और सबौर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा होली पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे पटना अहमदाबाद और गांधीनगर भागलपुर के बीच विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने यह जानकारी दी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटना में दस लोगों की मौत हो गयी भोजपुर मधुबनी और बेगूसराय में दो दो जबकि अररिया सुपौल वैशाली और नालंदा में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है वहीं लखीसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत डीएवी स्कूल के पास एक ट्रैक्टर के पलट जाने से तीस लोग घायल हो गये घायलों में अधिकांश बच्चे हैं शिवहर जिले के हरनाही गांव में अगलगी की घटना में एक बारह वर्षीय बच्चे की झुलसकर मौत हो गयी इस घटना में छह मवेशियों के भी जलकर मौत हो गयी पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक प्लास्टिक पाईप की फैक्ट्री में आग लग जाने से लाखों रूपये मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गयी वहीं बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाहोरचक महादलित टोला में अगलगी की घटना में पंद्रह कच्चे घर जलकर नष्ट हो गये इधर मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र के नरौली सेन गांव में आग लगने से छह घर जलकर नष्ट हो गये दरभंगा जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के चार साल प्राने एक मामले में आरोपी पति समेत छह लोगों को दस दस साल कारावास की सजा सुनायी है बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के नैप्रर गांव स्थित एक गौशाला में प्रलिस ने छापेमारी कर पांच कार्टन शराब बरामद की है

नालंदा जिले के थरथरी थाना क्षेत्र अंतर्गत भातुबिगहा गांव में शराब की धंधे को लेकर दो गुटों के बीच कई राउंड फायरिंग की खबर है मौके पर पहुंची पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है

महागठबंधन में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध बरकरार